होली रंगों का त्यौहार होली आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी युवाओं व बच्चों में होली को लेकर खासा उत्साह देखा गया यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित सरकारी आवास में प्रदेशभर से आए लोगों के साथ होली मनाई उन्होंने कहा कि होली का ये पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता का संदेश देता है और सभी को आपसी मनमुटाव भुलाकर प्रदेश हित में काम करना चाहिए मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत को तिलक लगाया और उन्हें शुभकामनाएं दी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी शिमला स्थित अपने निजी आवास हॉलीलॉज में उनसे मिलने आए लोगों के साथ होली का पर्व मनाया उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का ये पर्व हमे मतभेद भुलाकर प्रदेश के कल्याण के लिए एकजुटता से कार्य करने की प्रेरणा देता है

कारागार के सहायक अधीक्षक दीपक शांडिल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से कैदियों का तनाव कम होता है

सांगला में स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने धूमधाम से होली मनाई चंबा में भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया

अब से कुछ देर पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह गांधी नगर और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर और स्मृति ईरानी अमेठी से भाजपा प्रत्याशी होंगी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है दोनों ही दलों के शीर्ष नेता इन दिनों नई दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए जाएंगे भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज रात और कल सुबह नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमितशाह की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी जानकारी के अनुसार इस बैठक में प्रदेश के चारों प्रत्याशियों पर मुहर लग सकती है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद शांताकुमार भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने को लेकर मंथन कर रही है कांग्रेस चुनाव समिति की चंडीगढ़ में हुई बैठक में प्रदेश की चारों सीटों से दो दो प्रत्याशियों के नाम पार्टी हाईकमान को भेजे गए हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है

निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाकर लोगों को वोट डालने के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में आधार कार्ड पैन कार्ड पैंशन पासबुक और ड्राईविंग लाईसेंस जैसे दस्तावेज भी मान्य होंगे सोशल मीडिया सोशल मीडिया और भारत के इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन आईएएमएआई ने आगामी आम चुनाव के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता लागू की है फेसबुक व्हाट्सअप ट्वीटर और गूगल सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आईएएमएआई द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपी गई आचार संहिता के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू की जाएगी इसके तहत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए एक समर्पित तंत्र की स्थापना की जाएगी

इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है तुरंत प्रभाव से लागू इस आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखना है स्वीप कार्यक्रम युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कुल्लू ज़िला प्रशासन द्वारा आज ढालपुर मैदान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान युवा मतदाताओं ने बड़े बड़े होर्डिंग में अपने हस्ताक्षर किए और लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही इस दौरान कुल्लू के एडीएम अक्षय सूद ने युवा मतदाताओं से अपने वोटर कार्ड बनवाने और मतदान में भाग लेने का आग्रह किया लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया युवाओं का कहना है कि वे ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो ईमानदार हो और युवाओं के हित के लिए काम करें

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में हुए समारोह में अजय कुमार के माता पिता को शौर्य चक्र प्रदान किया

शहीद अजय कुमार के पिता सुरेश कुमार और माता कमला देवी ने नम आंखों से राष्ट्रपति से शौर्य चक्र ग्रहण किया मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि शहीद अजय कुमार को शौर्य चक्र मिलने से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है

मान्यता है कि डेरा बाबा बड़भाग सिंह में स्नान करने से मानसिक और शारीरिक कष्टों से निजात मिलती है उपायुक्त राकेश प्रजापति ने बताया कि मध्य रात्रि को प्रसाद वितरण के बाद ये मेला संपन्न हो गया दुर्घटना सोलन जिले में सुबाथू कुनिहार मार्ग पर गम्भर पुल के पास आज एक ट्राले के खड्ड में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस सूत्रों के अनुसार ये ट्राला गंभर खड़ड पर बने पुल से टकरा कर नीचे पलट गया जम्मू कश्मीर की नम्बर प्लेट वाला ये ट्राला आटे व मैदे की बोरियों से लदा हआ था मृतकों की पहचान की जा रही है मौसम लाहौल स्पिति जिले सहित राज्य के कई ऊंचे स्थानों पर बीती रात और आज सुबह हल्का हिमपात हुआ इस हिमपात से प्रदेशभर के न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सैल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक भागों में आज दिनभर बादल छाए रहे और रूक रूक कर हल्की वर्षा हुई लाहौल स्पिति ज़िले में बर्फबारी का दौर लम्बा चलने से सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य बाधित हुआ है और जनजीवन अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है

पहली उड़ान भुंतर तिंदी उदयपुर भुंतर दूसरी भुंतर किलाड़ चंबा और तीसरी उड़ान चंबा किलाड़ भुंतर के बीच भरी जाएंगी ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी